अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के हर नागरिक का भविष्य संवारने के प्रति वचनबद्ध है कल धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में हर वर्ग के लिए कई कदम उठाए गए हैं

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई

अनुराग ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों व उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का पार्टी कार्यकताओं से आग्रह किया

टीकाकरण में तेजी लाने के इस कार्यक्रम के दो चरण होंगे

अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है इस बार दूर होगी सरकार रिपीट न होने की टीस हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हिमाचल छोटा लेकिन बातें बड़ीं आपका फैसला लिखता है सरकार ने समाज के हर वर्ग का किया कल्याण अजीत समाचार का शीर्षक है पार्टी की मजबूती हेत् कदम उठाएंगे

इसी समाचार पत्र के अनुसार मंडी शिवधाम व रोहतांग से पलचान रोप वे पर काम शुरू करने के आदेश दिव्य हिमाचल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से लिखा है केरल पुड़डचेरी में भी आएगी भाजपा दैनिक भास्कर लिखता है आठ आईएएस और एचएएस अधिकारियों को सौंपी विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी